शिक्षकों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इस मौके पर शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समस्त शिक्षक समुदाय को इस अवसर पर शुभकामनाये दी

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के समी शिक्षकों को बघाईयां और शुभकामनाए दी है भोपाल के प्रशासन अकादमी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राज्यस्तरीय कार्यक्रम में शिक्षकों को सम्मानित कर रही हैं प्रदेशमर में आज कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं मध्यप्रदेश शिक्षक संघ भी सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान कर रही है शहडोल के पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय समाघान शिविर का आयोजन किया गया है सुरक्षा व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में संशोधन के विरोध में प्रदर्शन को देखते हुए समूचे प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है प्रशासन ने संवेदनशील इलाको में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है दो अप्रैल को भारत बंद के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में हुई हिंसा और कई लोगों की मौत के बाद अब प्रशासन ने ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया है छतरपुर ग्वालियर मिंड शिवपुरी मुरैना और श्योपुर जिलों में जिला प्रशासन ने ऐहतियातन निषेधाज्ञा लागू कर दी है निषेधाज्ञा के दौरान इन जिलों की सीमाओं में कोई भी रैली जुलूस शोभायात्रा धरना प्रदर्शन और सार्वजनिक सभा आदि बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगें साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसे संदेश का आदान प्रदान नहीं किया जाएगा जिससे किसी धर्म सम्प्रदाय और जाति विशेष की भावना आहत हो या वह राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को हानि पहुंचाता हो जबलपुर में भी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अतिरिक्त बल को शहर में तैनात किया गया है इस दौरान ड्रोन कैमरे से प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी जायेगी वीडियो कान्फ्रें स मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल समाधान ऑनलाइन वीडियो कान्फ्रेंस में कलेक्टरों से कहा है कि समस्याओं के समाधान सकारात्मक दृष्टिकोण से करें संवेदनाओं के साथ न्याय संगत निराकरण सुनिश्चित करें मुख्यमंत्री ने वीडियो कान्फ्रेंस में स्वयं आवेदकों को सुना और उनकी समस्याओं का निराकरण किया

प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष दो हजार बाईस तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने का लक्ष्य है खण्डवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन और जरूरतमंद परिवारों को सरकार पक्का मकान मुहैया करा रही है इससे जहां एक तरफ लोगों के पक्के मकान का सपना पूरा हो रहा है वहीं दूसरी तरफ उनके जीवनस्तर में भी सुधार आ रहा है

बदरवास के मेघोनाबड़ा गांव में कल एक आठ साल के बच्चे की नाले में बह जाने से मौत हो गई